इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया है इस अक्सर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि इस वर्ष के आम चुनावों में बहुत से लोग पहली बार मतदाता बनेंगे राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदाता होना बड़े गर्व की बात है आज के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की ये परंपरा हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही प्रासंगिक और सार्थक है एक गणराज्य के रूप में भारत के स्थापित होने के साथ ही स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की स्थापना हमारे संक्रियान निर्माताओं की दूरदर्शिता और लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था को दर्शाता है लोकतंत्र में सरकार लोगों की होती है ये सरकार लोगों द्वारा और लोगों के लिए बनाई जाती है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी क्षेत्र के लोगों से मतदाता पंजीकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया है प्रदेश में भी आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गये गोरखपुर बलमरामपुर मऊ मेरठ अयोध्या क्शीनगर पीलीमीत और सुल्तानपुर जिलों में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गये जिसमें स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी भी निकाली

शाम सात बजे आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से इसका प्रसारण होगा गणतंत्र दिवस की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संबोधन पर हिन्दी और अंग्रेजी में विशेष चर्चा प्रसारित करेगा ये कार्यक्रम रात साढ़े नौ बजे एफ एम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकेगा ये वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट एनआईसी डॉट इन पर भी उपलब्ध होगा श्रोता इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार ट्वीटर हैंडल एट एआईआर न्यूज अलर्ट पर साझा कर सकते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष आठ सौ पचपन पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जायेगा राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक तीन और पुलिस वीरता पदक एक सौ छियालिस कर्मियों को दिया जायेगा विशिष्ट सेवा के लिए चौहत्तर कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से जबकि छ सौ बत्तीस पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जायेगा राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक पाने वाले तीनों कर्मी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान हैं

मंत्रालय ने छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड का आंखों देखा हाल प्रसारित करने के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था की है ताकि दिव्यांगजन भी इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समारोह का आनंद ले सकें

उन्होंने कहा कि कृष्ठ राज्य सरकारों ने इस सलाह का अनुपालन भी शुरू कर दिया है वर्तमान में करीब चार लाख कैदी जेलों में सजा काट रहे हैं जिनमें से अधे कैदियों के मामले विचाराधीन हैं श्री सिंह ने कल लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि केन्द्र ने ऐसे करीब डेढ़ हजार कानूनों को खत्म कर दिया है जिनकी अब कोई उपयोगिता नहीं रह गई है

हालांकि न्यायालय ने आरक्षण के अमल पर रोक नहीं लगाई है प्रघान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है केन्द्र को चार सप्ताह के अंदर उच्चतम न्यायालय में जवाब दाखिल करना है

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस बारे में समुचित निर्णय लिया जाएगा उच्चतम न्यायालय ने कल अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था इस संशोधन के जरिए आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं देने के प्रावधान को बहाल किया गया है

इन सेवाओं के लिए लोगों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा लेकिन ई सेवा की लागत के तौर पर अदालतों के पोर्टल से उपलब्ध कराई जाने वाली तेईस प्रकार की सेवाओं पर प्रति सेवा केवल पांच रूपये वसूल किये जाएंगे